कई इलाकों में सड़क बिजली संचार व पेयजल आपूर्ति बाधित रही हालांकि कई इलाकों में आज मौसम साफ रहने पर जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बीते दो दिन में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

इससे लाहौल घाटी में बिजली व संचार व्यवस्था बाधित है हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक किन्नौर जिले में भारी हिमपात से रिकांगपिओ को छोड़कर अन्य भागों में बिजली आपूर्ति ठप्प है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज शिमला में भारी बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने अधिकारियों को हिमपात से प्रभावित सभी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए

जयराम ठाकुर ने शेष सभी सड़कों को कल शाम तक बहाल करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए जाने वाले सड़क मार्गो को प्राथमिकता के आधार पर खोलने को कहा ताकि रोगियों को परेशानी न हो

उन्होंने बताया कि राज्य के कई भागों में बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह चरमराई हुई है जबकि अधिकांश जिला मुख्यालयों में इसे बहाल कर दिया गया है

प्रश्नकाल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजनाओं के लिए बिजली की व्यवस्था ठेकेदार करेंगे और इस शर्त को टैंडर में ही जोड़ दिया जाएगा शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने विधाण्क बलवीर सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं में विभाग के ठेकेदार ही पांच साल तक बिजली का संचालन भी करेंगे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड समय पर ट्रांसफार्मर और लाइनें नहीं बिछाता है इस कारण पेयजल योजनाएं समय पर आरंभ नहीं हो पाती है

बावजूद इसके बिजली बोर्ड ने लाइनें नहीं बिछाई इससे जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी दखल देने की मांग की सिंचाई मंत्री ने कहा कि पंप हाउसों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा जिससे बिजली लाईनों के लिए सामान की आपूर्ति करने में आसानी होगी विधायक राजेंद्र गर्ग और कर्नल इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पब्बर और सीर खड्ड के तट्टीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा

बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुटता के साथ कार्य रही है तीर्थ सिंह ने कहा कि ब्रथ जीता चुनाव जीता कार्यक्रम के तहत भाजपा ने पिछले साढ़े चार वर्षो में त्रिदेव व पन्ना प्रमुख कार्यक्रमों से संगठन को मज़बूत किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है